राज्य के कृष्ण मन्दिरों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है जयपूर के गोविन्द देव जी मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले श्रद्दालुओं के लिए विशेष व्यवस्था की गई है राजसमंद जिले में वल्लभ सम्प्रदाय की प्रधानपीठ श्रीनाथजी मंदिर नाथद्वारा में उत्साह और उमंग का माहौल है नाथद्वारा मंदिर में शाम को नगर में शोभायात्रा निकाली जाएंगी

करौली के मदनमोहन जी मन्दिर में श्रद्वालुओ का तांता लगा हुआ है बीकानेर जिले के मरू नायक मन्दिर सहित अन्य मन्दिरो में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व श्रद्धापूर्वक मनाया जा रहा है जिले के कई मन्दिरो में कृष्ण जन्माष्टमी की झांकिया सजाई गई है सवाईमाघोपुर में मन्दिरों में श्रीकृष्ण की लीला की विशेष झांकिया सजाई गई है जहां आज मध्यरात्रि तक अन्य धार्भिक आयोजन होगें राज्यपाल कल्याण सिंह और मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कृष्ण जन्माष्टमी पर्व पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी है राज्यपाल र्न अपने संदेश में कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने सत्य और निष्काम कर्म के महत्व की स्थापना की मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान श्री केष्ण ने निष्काम कर्म करने शोषण और अन्याय का संगठित होकर विरोध करने और जरूरतमंद लोगों के कल्याण के लिए सदैव समर्पित रहने जैसा महान संदेश दिया

समारोह की मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे होंगी कल जयपूर में आयोजित एक बैठक में शिक्षा राज्य मंत्री वासदेव देवनानी ने बताया कि राज्य सरकार राज्य स्तर पर शिक्षकों के बडे पैमाने पर इस सम्मान के साथ ही अक्टूबर में जिला और ब्लॉक स्तर पर भी शिक्षकों का सम्मान करेगी

उन्होंने बताया कि इन शावको की उम्र ढाई से तीन महीने के बीच है अब सरिस्का में बाघ बाधिन की संख्या बढ़कर सत्रह हो गई है

इन कस्बों में बाजार पिछले तीन दिन से लगातार बंद थे

कल जोधपुर में असम के राज्यपाल प्रो जगदीश मुखी ने एक समारोह में श्री टाटिया को यह पुरस्कार प्रदान किया

जिला कलक्टर ओम कसेरा ने बताया कि पर्यटन सीजन से पहले निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा

ये लोग बाबा रामदेव के मेले में आने वाले जातरूओं के साथ छीना झपटी की वारदात में शामिल थे

यह ट्रोला हिसार से सीकर आ रहा था

स्रवाल थाना पुलिस के अनुसार खेत पर मोटर चलाते समय करंट लगने से यह हादसा हुआ

समापन समारोह में भारतीय दल का नेतृत्व महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल ने किया